प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का करेंगे उद्घाटन सौ वीं किसान रेल को भी दिखाएंगे हरी झण्डी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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को और तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन करने और मोटिवेशन के लिए अलग अलग टीमें तैयार कर गहन प्रशिक्षण दिया जाए खासकर ऐसे चिकित्साकर्मी जो टीकाकरण के काम से जुड़े हैं उन्हें इसके हर पहलू की जानकारी दी जाए ताकि किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुजाइश नहीं रहे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है और मुत्यु दर लगातार कम हो रही है तथा रिकवरी रेट बढ़ रही है

हनुमानगढ़ जिले में कल एक भी नया मामला नहीं मिला है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से प्रसिद्ध लोक गायक अनवर खान मांगणियार ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने की अपील की है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

दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर इस नई पहल से यात्रा अधिक सुविधापूर्ण हो जायेगी

इससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जायेगी

मार्ग में गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी

गौरतलब है कि पहली किसान रेल इस साल सात अगस्त को शुरू की गई थी

स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सभी किसान नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का परस्पर सहमति से निर्णय लिया है गौरतबल है कि गुरूवार को केन्द्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है

मौसम विभाग ने कहा है कि आज से एक बार दुबारा हिमाचल की ओर से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आएगी विभाग ने कल से प्रदेश के उत्तरी भागों बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की अनुसंधान सलाहकार समिति और प्रसार सभिति की बैठक आज आयोजित होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने वाली इन बैठकों में विश्वविद्यालय द्वारा पिछले सालों में किए गए अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण होगा